राज्य सरकार अब वन अधिकार पट्टाधारी किसानों से भी समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी करेगी

विधानसभा सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है विशेष सत्र के दौरान शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे कोरोना समाचार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का उच्च स्तरीय दल इन दिनों छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं तीन सदस्यीय यह दल प्रदेश में कोरोना से बचाव की तैयारियों और प्रयासों की समीक्षा करने के साथ ही कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक सलाह भी देगा

केंद्रीय दल ने कोरोना के इलाज और होम आइसोलेशन की तैयारियों के संबंध में रायपुर जिले के विभिन्न केन्द्रों का निरीक्षण भी किया केंद्रीय दल के सदस्यों ने आज दूर्ग जिले में भी कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों का जायजा लिया

इससे पहले कल राज्य शासन के स्वास्थ्य विमाग की अपर मुख्य सचिव रेणु जी पिल्ले और अन्य अधिकारियों ने रायपुर स्थित राज्य कोरोना कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में केंद्रीय दल के सदस्यों को प्रदेश में कोरोना की वर्तमान स्थिति और प्रयासों के बारे में जानकारी दी इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि अगले चार सप्ताह के भीतर प्रदेश के लगभग समी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन संयंत्र लगाने का काम पूरा हो जाएगा प्रत्येक जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की सुविधा वाले चार सौ बेड की उपलब्धता रहेगी इस बीच राज्य शासन द्वारा मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों के संचालन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं अब मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों में अधिकारियों की शत प्रतिशत और कर्मचारियों की पचास प्रतिशत उपस्थिति में कामकाज होगा कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोंडागांव जिला कलेक्टर ने पेट्रोल पम्पों में बिना मास्क वाले वाहन चालकों को पेट्रोल डीजल नहीं देने के निर्देश दिए हैं वहीं कबीरधाम जिले के सभी नगरीय निकायों में संचालित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में संचालकों उनके कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है बिना मास्क के सड़कों पर अनावश्यक घूमने वाले लोगों के खिलाफ भी विधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं राजनांदगांव जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं जिला कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक में कहा है कि ग्राहकों और द्रकानदारों को भी अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के साथ ही निश्चित दूरी का पालन करना होगा दिशा निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी उधर कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में साप्ताहिक बुधवार बाजार पर प्रतिबंध को हटा दिया गया है कलेक्टर ने शर्तों के अधीन बाजार संचालन की अनुमति दी है कोरोना जागरूकता इस बीच छत्तीसगढ़ में त्यौहारों के इस मौसम में लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए जरूरी सावधानियां बरतने के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न शहरों कस्बों और गांवों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं प्रदेश में सामुदायिक स्तर पर कोविड सर्विलेंस के साथ साथ अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के निराकरण के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा अभियान को इस साल के अंत तक हर सप्ताह चलाने का निर्णय लिया गया है स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु जी पिल्ले ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं इसके तहत सघन सामुदायिक सर्विलेंस के लिए गठित दल द्वारा ही यह अभियान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चलाया जाएगा वहीं कोरोना संक्रमण के विरूद्ध मास्क ही ब्रम्हास्त्र है का संदेश देने के लिए दुर्ग पुलिस द्वारा अब तक का सबसे बडा मास्क बनाकर कीर्तिमान रचा गया दर्ग रेंज के आईजी विवेकानंद सिन्हा ने भिलाई के सेक्टर दस स्थित ग्लोब चौक को प्रतीकात्मक स्वरूप मास्क पहनाकर आम नागरिकों से कोरोना काल में मास्क पहनने की अपील की इसी तरह राजनांदगांव जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में चलाए जा रहे कोरोना सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत कल दीप दिवस मनाया गया इस दौरान घर आंगन में दीप जलाकर कोरोना संक्रमण से बचने के लिए आवश्यक नियमों का पालन करने के साथ ही स्वस्थ सेहत का उजियारा फैलाने का संदेश दिया गया वहीं चौक चौराहों पर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले पदमश्री शमशाद बेगम ने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है

खाद्य विभाग द्वारा वन अधिकार पटटा वाले किसानों के पंजीयन के लिए सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान किया जा रहा है खाद्य विभाग के सचिव ने ऐसे वन अधिकार पटटाधारी किसानों का पंजीयन करने के निर्देश सभी कलेक्टरों को दिए हैं जिन्होंने अपने पटटे की भूमि पर धान की फसल बोई है वर्तमान में समर्थन मूल्य पर धान खरीदने के लिए किसानों का पंजीयन किया जा रहा है जो इकतीस अक्टूबर तक चलेगा इस बीच गोधन न्याय योजना के तहत प्रदेश के छियासी हजार से अधिक गोबर विक्रेताओं से खरीदे गए गोबर के एवज में छठवीं किश्त की राशि नौ करोड़ बारह लाख रूपये का ऑनलाइन भूगतान किया गया है इस योजना के तहत अब तक गोबर विक्रेताओं को उनतालीस करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है बस्तर स्टील प्लांट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर अंचल में चार से पांच बड़े स्टील संयंत्र खोलने की सहमति प्रदान की है मुख्यमंत्री ने आज रायपुर में दंतेवाडा जिले से आए सरपंच संघ के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान कहा कि इससे क्षेत्र के स्थानीय युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बस्तर क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए ज्ञापन सौंपा इस पर सहमति व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बस्तर क्षेत्र में चार से पांच बड़े स्टील संयंत्र खोलने को लिए आवश्यक पहल की जाएगी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप अधिशेष चावल से इथेनॉल उत्पादन की दर चौव्वन रूपये सतयासी पैसे प्रतिलीटर निर्घारित करने के निर्णय के लिए धन्यवाद दिया है साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों से खरीदे गए अधिशेष धान को सीधे इथेनॉल संयंत्रों को जैव ईंधन उत्पादन की अनुमति प्रदान करने की मांग भी की है इससे राज्य में लगने वाले इथेनॉल संयंत्रों को किसान सीधे धान बेच सकेंगे मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा है कि अधिशेष धान से सीधे इथेनॉल उत्पादन की अनुमति राज्य के किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होगी मरवाही उपचुनाव मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है चुनाव प्रचार अभियान भी जोर पकड़ता जा रहा है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आज पतगवां झाबर नवागांव टंगियामार बारी उमराव गाजन कंचनडीह पंडरिया और अमारू सहित विभिन्न गांवों का दौरा कर पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर केके ध्रव के पक्ष में प्रचार किया वहीं भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर गंभीर सिंह ने धोबहर बंधीरी दरमोहली पिपरिया झिरनापोड़ी मसूरीखार डोगरिया नगवाही और सिलपहरी सहित कई गांवों में जनसंपर्क कर अपना चुनाव प्रचार किया भाजपा नेता और पूर्व मंत्री गणेश राम भगत ने भी पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में मुरमुर और कोटमी में समाओं को संबोधित किया इसी तरह भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल और विधायक नारायण चंदेल ने भी मरवाही में प्रचार अभियान में हिस्सा लिया और मतदाताओं से पार्टी प्रत्याशी को समर्थन देने की अपील की इस बीच सामान्य प्रेक्षक जयसिंह ने कल कलेक्टोरेट में आयोजित बैठक में मरवाही उपचुनाव के लिए कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की उन्होंने मतदान केन्द्रों पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की उपलब्यता सुनिश्चित करने के साथ ही अंतर्राज्यीय और अंतर्जिला सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष निगरानी किए जाने के निर्देश दिए दूसरी ओर निर्वाचन आयोग द्वारा मरवाही उपचुनाव के लिए आईआरएएस आदित्य कमलाकर सोमकुंवर को व्यय प्रेक्षक नियुक्त किया गया है वे प्रतिदिन शाम पांच से छह बजे तक आम लोगों से मुलाकात के लिए पीडब्ल्यूडी विश्राम गह गौरेला में उपलब्ध रहेंगे इस बीच फलाइंग स्क्वॉड दल ने व्यय प्रेक्षक की मौजूदगी में मरवाही में शॉल और साड़ियों से लदी हुई गाड़ी को जब्त किया है मरवाही उपच्चनाव के लिए तीन नवंबर को मतदान होगा इसके पहले निर्वाचन आयोग ने अस्सी वर्ष से अधिक आय वर्ग और ॅशारीरिक निःशक्तता तथा कोरोना संक्रमण से प्रभावित मतदाताओं को डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की सुविधा दी है जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक डाक मतपत्र वितरण डाक मतपत्र से मतदान और डाक मतपत्र संगहण का कार्य कल बाईस अक्टूबर से चौबीस अक्टूबर तक किया जाएगा दूसरी ओर केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी कर संसदीय और विधानसभा निर्वाचन में प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा को बढ़ा दिया गया है संसदीय निर्वाचन के लिए व्यय की अधिकतम सीमा सतहत्तर लाख रूपये और विधानसभा निर्वाचन के लिए अधिकतम व्यय सीमा तीस लाख अस्सी हजार रूपये निर्धारित की गई है पुलिस स्मृति दिवस आज पुलिस स्मृति दिवस है पुलिसकर्मियों की निष्ठा और राष्ट्र के प्रति उनके बलिदान को सम्मानित करने के लिए हर वर्ष इक्कीस अक्टूबर को यह दिन मनाया जाता है आज ही के दिन वर्ष उन्नीस सौ उनसठ भें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने लद्दाख के दर्गम दर्रो में अपने पराक्रम और बलिदान की गाथा लिखी थी चीनी सैनिकों के साथ हुई इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ के दस जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज रायपुर स्थित शहीद वाटिका में अमर जवान स्तंभ पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीद जवानों को श्रद्वांजलि दी इस मौके पर माना स्थित चौथी वाहिनी सीएएफ परिसर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि पुलिस के जवानों ने अपने प्राणों की आहृति देकर विपरीत परिस्थितियों में भी हर चुनौतियों का सामना बहादुरी से ॅकिया है आज का दिन उन वीर जवानों की शौर्य गाथाओं की याद दिलाता है जिन्होंने मात्रभूमि की रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस या सुरक्षा बलों के जवान स्वयं की जान की परवाह किए बिना जनता और देश की हिफाजत के लिए समर्पित होते हैं यह अवसर एक ओर जहां देश सेवा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के सर्वोच्च बलिदान पर गौरवान्वित होने का है वहीं अपने बहादुर साथियों से बिछड़ने की याद में भावुक होने का भी है प्रलिस स्मृति दिवस पर राज्य के विभिन्न जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित कर शहीद जवानों को श्रद्दांजलि अर्पित की गई संक्षिप्त समाचार केन्द्रीय नीति आयोग द्वारा बालोद जिले के विद्यालयों में भी अटल लैब की स्थापना की जा रही है संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद ने गु ंडरदेही विकासखंड के ग्राम चंदनबिरही में अटल लैब का शुभारंभ किया छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा दसवीं और बारहवीं की प्रनर्गणना और प्रनर्मल्यांकन के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं परीक्षा परिणाम मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध है पर्यटन विभाग द्वारा राम वनगमन पर्यटन परिपथ के लिए लोगो डिजाइन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है सभी प्रतिभागी पच्चीस अक्टबर तक विमाग के ई मेल पर अपना डिजाइन भेज सकते हैं विजेता प्रतिभागी को दस हजार रूपये पुरस्कार राशि और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा रायपुर जिले में आदिम जाति विकास विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन तीस नवंबर तक आमंत्रित किए गए हैं कोंडागांव जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पद के लिए अनंतिम मेरिट सूची जारी कर दी गई है अभ्यर्थी तेईस अक्टूबर तक दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं कोरिया वनमंडल के अंतर्गत सोनहत और देवगढ़ वन परिक्षेत्र के रजौली भैंसवार मार्ग में वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण को वन विभाग और प्रलिस की संयुक्त टीम द्वारा हटाने की कार्रवाई की गई

रायगढ़ जिला कलेक्टर भीम सिंह ने आज मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत एक मोबाइल वैन को हरी इंडी दिखाकर रवाना किया इस वैन द्वारा शहर के विंहित स्थानों पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी अंबिकापुर की कोतवाली पुलिस ने बिहार से मोटरसाइकिल कंपनी की डीलरशिप दिलाने के नाम पर स्थानीय व्यक्ति से करीब तिरालीस लाख रूपये की धोखाधड़ी करने के मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है बिलासपुर जिले में आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा खिलाने के आरोप में सिविल लाइन पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है इनके पास से दो लाख बाईस हजार रूपये की नगद राशि जब्त की गई है दुर्ग जिले में भी मोहन नगर पुलिस ने क्रिकेट मैच में सट्टा खिलाते दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है